शिमला में आज गौवंश संवर्द्वन बोर्ड की दूसरी बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार देसी नस्ल की गायों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में लाभदायक होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी जिलों में गौ अभ्यारण्य क्षेत्र स्थापित करेगी और इसके लिए जिलाधीशों को उपयुक्त भूमि का चयन करने के आदेश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्य और गौ सदन के निर्माण के लिए भूमि देने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को अपने मवेशियों को बेसहारा न छोड़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा केन्द्रीय टीम भारी बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने संयुक्त सचिव पीएम विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में आज बिलासपुर जिला के प्रभावित स्थलों का दौरा किया टीम ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की

उधर चम्बा जिला में भी आज केन्द्रीय समिति ने बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया समिति की अध्यक्ष व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयक्त सचिव डॉक्टर सुपर्णा एस पचौरी ने चम्बा में एक बैठक में अधिकारियों को हिदायत दी गई कि नुकसान की रिपोर्ट तूरंत केन्द्र सरकार को भेजें ताकि राहत कार्यों के लिए बजट जारी किया जा सके

लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से सिरमौर जिला के धौलाकुंआ में पांवटा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के द्वितीय खण्ड का आज लोकार्पण किया इस मौके उद्योग मंत्री ने कहा कि संस्थान में आगामी शैक्षणिक सत्र से ऑटोमोबाईल और इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी

उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चूने की खानों को खोलने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है जिसके जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्धारित सभी लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए दृढ़ प्रयास ्करने के निर्देश दिए

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं

सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी माह में होने वाली समिति की बैठक में अनूसचित जाति वर्ग के लिए लक्षित बजट का ब्यौरा अलग से तैयार करने के मी निर्देश दिए इस मौके पर देहरा के विधायक होशियार सिंह व नगरोटा बगवां के विधायक अरूण नेहरा ने भी बहुमूल्य सुझाव दिए

सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जो कमियां हैं उन्हें तुरन्त दूर करें ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के मामले पर वे केन्द्र सरकार से बात करेंगे ताकि इसके लिए अधिक से अधिक बजट का प्रावधान हो सके धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि चुनाव जीतना या हारना एक स्वामाविक प्रक्रिया है कुछ लोग चुनाव जीतकर भी घर बैठ जाते हैं और कुछ लोग हारकर भी जनता के बीच ही रहते हैं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर दौरे के दौरान कुछ हल्की टिप्पणियां की जिस पर उन्हें आश्चर्य हुआ है दिव्यांग दिव्यांग बच्चों के मनोरंजन व उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के मकसद से जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा सोलन में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसमें जिलाभर से करीब सौ बच्चों ने दौड़ सहित अन्य खेलों में अपने अपने हुनर दिखाए युवा सेवाए और खेल विभाग के संयोजक बलिराम शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में अव्वल रहने वार्ल खिलाड़ी धर्मशाला में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे